रेल ट्रैक केन्द्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र के साथ आज पठानकोट जोगिन्द्रनगर रेलवे ट्रैक का हवाई निरीक्षण किया बाद में उन्होंने धर्मशाला में अधिकारियों के साथ बैठक कर पठानकोट जोगिन्द्रनगर रेल लाइन पर ट्रेन की स्पीड बढ़ाने के विकल्प तलाशने के निर्देश दिए

और ब्योरा इस रिपोर्ट में धर्मशाला में पत्रकारों से बातचीत में केन्द्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि कांगड़ा रेलवे स्टेशन को धरोहर का रूप देकर दोबारा संवारा जाएगा

केन्द्रीय रेल मंत्री ने पठानकोट जोगिन्दनगर रेलवे ट्रैक के साथ लगते रेलवे स्टेशनों के आध्निकीकरण और वाई फाई सुविधा मुहैया करवाने की भी बात कही

विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने शिमला ज़िले में ननखड़ी क्षेत्र की बड़ाच पंचायत में जनसमस्याएं सुनीं उन्होंने कहा कि जन समस्याओं का निपटारा करना किसी भी संवेदनशील शासन के लिए बेहद ज़रूरी है कांगड़ा जिले के ज्वाली में सिंचाई व जन स्वास्थ्य मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकर ने कहा कि राज्य में बाढ़ नियंत्रण और नदी नालों के किनारे भूमि कटाव रोकने के लिए व्यापक परियोजना तैयार कर केन्द्र की मंजूरी के लिए भेजी गई है

शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी ने हमीरपुर जिले में भोरंज के कंज्याण में जनसमस्याओं का निपटारा किया उन्होंने कहा कि जनमंच में जिला प्रशासन के माध्यम से लोगों की प्रत्येक समस्या का समाधान सुनिश्चित बनाया गया है शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने जनमंच कार्यक्रम के तहत सोलन ज़िले में नालागढ़ के नवांग्राम में जनसमस्याएं सुनीं उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को उनके घरद्वार के समीप समस्याओं का विश्वसनीय हल प्राप्त हो रहा है उन्होंने लोगों को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शपथ भी दिलाई खाद्य आपूर्ति मंत्री किशन कपूर ने सिरमौर ज़िले में रेणुका क्षेत्र के अंधेरी में जनमंच कार्यक्रम की अध्यक्षता की

उन्होंने कहा कि सरकार उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न मुहैया करवा रही है चम्बा जिले के होली में ग्रामीण विकास मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने जन समस्याएं सुनकर अधिकतर का मौके पर ही निपटारा किया उन्होंने कहा कि राज्य सरकार क्षेत्र में ट्राउट फिश इकाई स्थापित करने की दिशा में कार्य करेगी

सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सैजल ने ऊना ज़िले के बाथू में जन समस्याएं सुनीं

उन्होंने लोगों से ग्रामसभा का महत्व समझने और अधिक से अधिक विकास कार्यों को शैल्फ में डलवाने का आग्रह किया ताकि विकास को गति मिल सके मण्डी का ज़िलास्तरीय कार्यक्रम नाचन के जैदेवी में स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार की अध्यक्षता में आयोजित किया गया उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने करीब एक वर्ष के कार्यकाल में सभी वर्गो के कल्याण की दिशा में कार्य किया है उन्होंने अधिकारियों से अपने निर्धारित दायित्वों से ऊपर उठकर कार्य करने का संकल्प लेने को कहा ताकि विकास कार्यों को गति दी जा सके उधर कुल्लू ज़िले में आनी के शवाड़ में हुए कार्यक्रम में वन मंत्री गोविंद ठाकुर ने कहा कि आम लोगों को जनमंच का सीधा लाभ मिल रहा है उन्होंने कहा कि प्रदेशभर में हो रहे जनमंच कार्यक्रमों के लगातार सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं राज्यपाल राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने सामाजिक संस्थाओं से समाज में समरसता समानता और समग्र उत्थान के लिए कार्य करने का आहवान किया है हरियाणा के कैथल में आज एक समारोह में उन्होंने कहा कि संस्थाओं को ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे आने वाली पीढ़ी को प्रेरणा मिले उन्होंने इस अवसर पर अनेक सामाजिक संस्थाओं को उनके कार्यो के लिए सम्मानित किया इससे पहले राज्यपाल ने क्रूक्षेत्र स्थित गुरूकुल में विद्यार्थियों से लक्ष्य प्राप्ति के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहने की अपील की इस दौरान उन्होंने पेहोवा में किसान मजदूर और व्यापारी सम्मेलन को भी संबोधित किया मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भाजपा कार्यकर्ताओं से आम लोगों के साथ बेहतर संबंध स्थापित करने पर बल दिया है ताकि वे पार्टी के समर्थन के लिए उत्साहित हो सकें शिमला में आज सोलन भाजपा मंडल के पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं को नए सदस्य पार्टी से जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए जयराम ठाक्र ने कहा कि सक्रिय कार्यकर्ताओं को अपने क्षेत्र की प्रमुख मांगों व मुद्दों की पहचान करनी चाहिए ताकि उनका समाधान किया जा सके उन्होंने मण्डल स्तर पर नियमित रूप से बैठकों के आयोजन पर भी बल दिया इस दौरान मण्डल अध्यक्ष रविन्द्र परिहार ने मुख्यमंत्री को भरोसा दिलाया कि उनका प्रत्येक कार्यकर्ता पार्टी को सुदृढ़ करने के लिए कार्य करेगा बिक्रम ठाकुर उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर ने कहा है कि राज्य के विकास और लोगों के जीवन में सुधार लाने के लिए सरकार ने अनेक महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की हैं

बिक्रम ठाकुर ने बताया कि मुख्यमंत्री के इसी महीने होने वाले दौरे के दौरान भवन का शिलान्यास कर निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा

अनुराग ठाक्र ने कहा कि केन्द्र सरकार की नीतियों के कारण देश में क्रांति आई है और एक बदलाव देखने को मिल रहा है शरद स्कूल शिमला रिथित भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान में गांधी व उनके समकालीन जीवन और विचार विषय पर शरद स्कूल का आयोजन किया गया है

सम्मेलन में कोन्द्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने भी शिरकत की उन्होंने युवा छात्रों और शोधकर्ताओं से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और स्वतंत्रता संग्राम में योगदान देने वाले अन्य महान व्यक्तियों के विचारों पर आधारित शोध परियोजनाओं पर कार्य करने का आहवान किया

पत्र राज्य दिव्यांगता सलाहकार बोर्ड के विशेषज्ञ सदस्य अजय श्रीवास्तव ने सरकार से नई दिव्यांगता नीति बनाने की मांग की है अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगता दिवस की पूर्व संध्या पर मुख्यमंत्री को लिखे एक पत्र में उन्होंने कहा कि नई नीति बनाने के लिए अभी तक कोई कदम नहीं उठाए गए हैं जिससे दिव्यांगजन अपने अधिकारों से वंचित रह रहे हैं मांग चम्बा जिले के किलोड़ वार्ड से जिला परिषद सदस्य ललित ठाकुर ने राजकीय विद्यालय लीलह में अतिरिक्त कमरों के निर्माण और शौचालय की हालत सुधारने की मांग की है उपायुक्त को लिखे एक पत्र में उन्होंने कहा कि इन समस्याओं के चलते विद्यार्थियों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है समारोह हमीरपुर जिले के राजकीय विद्यालय ब्राहलड़ी के वार्षिक समारोह में विधायक नरेन्द्र ठाकुर ने आज मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया